जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से काला धन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके काले धन को सफेद करना था लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के दो साल पूर्व लिए गए नोटबंद के फैसले को अर्थव्यवस्था में सुधार और काले धन पर चोट के लिए उठाया गया एक साहसिक कदम करार दिया उन्होंने कहा कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिली है

मनाली में जनशिकायत निवारण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस सब स्टेशन के बन जाने से मनाली व इसके आसपास के गांव में कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी

दमकल विभाग के अनुसार इन घटनाओं में किसी तरह का जानी नुक्सान नहीं हुआ है

यह आग लोगों के घर गउशालाओं और जंगलों में लगी

ये आग रात लगभग तीन बजे लगी

विश्वकर्मा विश्वकर्मा दिवस आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर विश्वकर्मा अनुयायियों ने हवन यज्ञ कर अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की और भंडारों का भी आयोजन किया विश्वकर्मा तकनीक के देवता माने जाते हैं मान्यता है कि उन्होंने ही हाथ के हुनर से लोगों को कार्य करना सिखाया गोवर्धन पूजा का त्यौहार भी आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर गाय बैलों की पूजा की जाती है इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है भगवान रघुनाथ के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह ने कहा कि कुल्लू में अन्नकूट के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर भगवान को भोग लगाया गया भाई दूज भाई दूज पर्व की पूर्व संध्या पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है भाई दूज के मौके पर कल प्रदेश में महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा इस दौरान महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा भी मिलेगी

उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपने शैक्षणिक व मूल दस्तावेजों के साथ आयोजन स्थल पर साक्षात्कार के लिए पहुंचने की अपील की है